नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गुजरात में माधवपुर का ऎतिहासिक महत्व है क्योंकि वहां भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था श्री शर्मा ने कहा कि इस मेले में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाया जाएगा और इसके जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों का गुजरात से संपर्क होगा उन्होंने कहा कि लोअर दिवांग वैली के भीष्मकनगर का इससे संबंध है इस मेले में राज्यपाल बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि और सांस्कृतिक टोलियां भी हिस्सा लेंगी शहरी विकास मंत्री नाबम रिबिया ने पापुमपारे जिले के विभागीय प्रमुखों से लाल फीताशाही को रोकने को कहा है कल यूपिया में विभागीय प्रमुखो की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके चलते महत्वपूर्ण निर्णयों और विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है श्री रिबिया ने राज्य बजट में जिले के लिए घोषित सभी योजनाओं को समय पर लागू करने को कहा उन्होंने मुख्यमंत्री इनोवेटिव चैलेंज फंड की चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प पुरस्कार के तहत तवांग जिला अस्पताल को राज्य के सर्वश्रेठ जिला अस्पताल और सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र किमिन को चयनित किया गया नाहरलगुन में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कल यह पुरस्कार वितरित किया गया आज विश्व तपेदिक दिवस है हर वर्ष चौबीस मार्च को यह दिन संक्रमण वाली इस वैश्विक बीमारी के प्रति जागरुकता पैदा करने और इसे समाप्त करने के प्रयासों के लिए मनाया जाता है

श्री मोदी ने कहा कि तपेदिक मुक्त विश्व प्ररी मानवता के प्रति एक बेहतरीन सेवा है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए मिशन के रुप में काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व ने दो हजार तीस तक तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है लेकिन सरकार चाहती है कि भारत दो हजार पच्चीस तक तपेदिक से छूटकारा पा ले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनियाभर के देशों से अनुरोध किया है कि वे इस बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के साथ ही इसके संक्रमण को रोकने के लिए शोध कार्य में और अधिक निवेश करें अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज विश्व तपेदिक दिवस जागरुकता रैली निकाली गई नाहरलगुन में आयोजित रैली में स्कूली बच्चों स्वास्थ्य कर्मियों और अर्धसैनिक बलोंके जवानों ने हिस्सा लिया मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने अपने संदेश में राज्य से इस महामारी के उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों से एक जूट होकर प्रयास करने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से दिन के ग्यारह बजे मासिक मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह बयालीसवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा

यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया डब्ल्यू डब्ल्यूएफ की एक वैश्विक पहल है इसमें विश्वभर के एक सौ अठहत्तर देश भाग लेते हैं इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व एक साथ एक घंटे का संकल्प व्यक्त करता है इस अवसर पर आज भारत में गिव अप टू गिव बैंक पहल की शुरुआत की जायेगी इसके अंतर्गत संगठनों संस्थाओं और व्यक्तियों को पर्यावरण और हमारे जीवन पर बोझ बनने वाली आदतों और जीवशैली में बदलाव के लिए पेरित किया जाएगा इस अभियान में प्लास्टिक वस्तुओं का एक बार इस्तेमाल करने पेट्रोलियम जैसे इंधन का इस्तेमाल रोकने और एक कार में एक कर्मचारी की यात्रा नहीं करने आदि कदम उठाया जाना शामिल है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने लोगों से आज एक घंटा बिजली बंद करने की अपील की है उन्होंने कहा कि वे भी ऎसा ही करेंगे उन्होंने गिव अप टू गिव बैक और कनेक्ट टू अर्थ पहल पर काम करने पर बल दिया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित सोलहवें जूनियर नेशनल वुसू प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश ने एक रजत और एक कास्य पदक हासिल किया है अट्ठारह से बाईस मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता के अड़तालीस किलोभार वर्ग में ग्यामर यातुप ने रजत और पैतालीस किलोभार वर्ग में गिदा याजी ने कास्य पदक हासिल किया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 आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया